हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला नारनौल के दो और जिला रोहतक के एक उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और भिवानी के गांव धिकाड़ा में उप स्वाथ्स्य केन्द्र खोलने को मंजूरी दी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैकिंग में कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त पात्रता परीक्षा करवाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने की स्वीकृति दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी देश के करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी श्री मोदी ने कहा है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा से बहुत सी प्रवेश परीक्षायें खत्म हो जायेगी और मूल्यावान समय और संसाधनों की बचत होगी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया से बातचीत में इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है इससे देश के य्वाओं को रोज़णार हासिल करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इससे देश के य्वाओं की लम्बे समय से चल आ रही है मांग पूरी हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में जयपुर गुवाहटी और तिरूवंतापुरम तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है

प्रधानमंत्रह नरेन्द्र मोदी कल सुबह वर्च्अल प्लैटफार्म के माध्यम से करनाल सहित देश के चार शहरों के कूड़ा बीनने वालों के साथ बात करेंगे यह बातचीत स्वचंछ भारत मिशन और इसके प्रभाव शहर की साफ सफाई जन जागरूकता और रहन सहन पर पड़े प्रभाव से सम्बधित होगी हमारे संवाददाता ने बताया कि करनाल के कुड़ा बीनने वालों को बातचीत के लिए च्ने जाने को लेकर नगर निगम प्रशासन उत्साहित है

इसके अतिरिक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए चत्र्थ श्रेणी के दस पदों को आऊटसोंसिंग के आधार पर भरने की भी स्वीकृति दी गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है फरीदाबाद सहित तीन जिलाध्यक्षों को दोबारा यह जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय से जारी सूची के अनुसार अम्बाला से राजेश बतौरा क्रूक्षेत्र मे राजक्मार सैनी रोहतक में अजय बंसल और हिसार से कैप्टन भूपेन्द्र का जिला अध्यक्ष बनाया गया है सिरसा से पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के पौत्र आदित्य देवी लाल को जिला अध्यक्ष बताया गया है वे डबवाली विधानसभा क्षेत्र से भी च्नाव लड़ च्के है पंचकूला में अजय शर्मा फतेहाबाद में बलदेव गिरोहा पलवल में चरण सिंह तेपयिया और झज्जर में विक्रम कादियान को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है

शुरूआती जांच में पता चला है कि विशाखापट्टनम से ये मादक पदार्थ लाये थे जो र्जीद क्षेत्र में दिया जाना था

प्लिस के अन्सार पकड़े गये य्वकों की पहचान गांव खैरेका निवासी सतीश क्मार गांव पन्नी वाला मोटा निवासी राह्ल और केलनिया निवासी चन्द्र किशन के रूप में हुई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में कृषि कृषि विश्वविद्यालय श्रेणी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने देशभर में स्थान हासिल किया है विश्वविद्याल ने सरकारी व सरकारी सहायता प्रथम विश्वविद्यालयों के सभी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देशभर में प्राप्त तीसरा स्थान प्राप्त किया है रैंक बैंड केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू की अध्यक्षता में जारी किया गया विश्वविद्यालय के क्लपति प्रो समर सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि क्शल नेतृत्व द्रगामी व सकारात्मक सोच और टीम भावना का ही परिणाम है

सिविल सर्जन डा क्लदीप ने बताया कि इस संक्रमण से दो मरीज़ों की मृत्यु भी हई है

मौसम विभाग ने हरियाणा में कुछ स्थानों पर कल भारी वर्षा होने की संभावना जताई है जबकि अधिकतर स्थानों पर इल्की से मध्यम वर्षा होने की भविष्यवाणी की है हरियाणा मे भी आज कई जगह पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है

सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आगामी तीन सितंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन करेगा

बटालियन के नायब सुबेदार जयवीर व नायब स्बेदार बलवंत सिंह के नेतृत्व में सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई नायब सुबेदार जयवीर ने बताया कि विनोद कुमार बरेली में छ माह में प्रशिक्षण ले रहा था

केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने भिवानी जिला के गांव देवसर निवासी मुक्केबाज मनीष कौशिक को अर्जून अवार्ड के लिए चयनित किया है मनीष ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने प्रशिक्षक मनजीत सिंह व स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कौशिक को दिया है